इससे पहले आज सुबह मानवा खापरडा में वीर बाला काली बाई पैनोरमा का लोकार्पण करेगी

अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जिले में कई शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगी

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने राज्य में ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के क्षेत्र में देश को अग्रणी रखने के लिये भरपूर प्रयास करने पर जोर दिया है श्री राठौड़ ने कल जयपुर स्थित इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ले रहे थे

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय में स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता लाना और जन भागीदारी के माध्यम से अभिशंषा प्राप्त कर सुधार करना है यह कार्यक्रम शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण की ही तर्ज पर किया जायेगा

धौलप्र जिले के बाडी उपखण्ड के धनोरा पंचायत समिति को कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्मार्ट विलेज के लिये प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है धनोरा गांव में सोच बदलो गांव बदलो की तर्ज पर गांव का विकास किया गया है गांव में स्वच्छता चिकित्सा शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में विकास के लिये कई प्रकार की योजनाएं गांव के स्तर पर ही चलाई जा रही है

राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मददेनजर भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मशीनों के लिए जोधपुर में स्ट्रॉग रूम का निर्माण किया हैं

ईवीएम को प्राप्त करने के बाद तकनीकी इंजीनियर्स और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में निरंतर मशीनों की एफ एल सी चेंकिंग की जा रही है जिला कलक्टर डॉ रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग के दौरान ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मशीनों को परखा गया हैं निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक जिले में स्ट्रांग रूम का निर्माण करवाया गया है हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को पांच अप्रेल को सुनाई गई सजा के स्थगन की अपील पर आज जोधपुर के सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी इसी अदालत में राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर भी सुनवाई होगी

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

प्रदेशभर में मानसून के सक्रिय रहने से प्रदेश के कई इलाकों में कल मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की गई कल देर शाम उदयपुर में हुई मूसलाधार बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया वहीं सवाईमाधोपुर अजमेर जयपुर समेत कई अन्य स्थानों से भी अच्छी बरसात के समाचार मिले हैं

झालावाड़ जिले के विभिन क्षेत्रो में आज सुबह तेज बादलो की गर्जना और बिजली कड़कने के साथ एक घण्टे से ज्यादा तेज बरसात हुई